केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है बैठक के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस विधेयक में देश के हितों का ध्यान रखा गया है और जल्द से जल्द संसद में पेश किया जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व को आरक्षण देने वाली व्यवस्था को और दस वर्ष के लिए बढ़ाए जाने को ही मंजूरी दे दी है यह व्यवस्था अगले वर्ष पच्चीस जनवरी को समाप्त होने वाली थी

यह विधेयक संसद के चालू सत्र में पेश किया जाएगा बैठक में भारत बॉण्ड एक्सचेंज ट्रेडेड कोष को भी स्वीकृति दी गई जिसके जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी संगठनों को अतिरिक्त धन मुहैया कराया जा सकेगा यह कोष देश में अपने ढंग का पहला होगा इस बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि सरकार देश में बॉण्ड बाजार को मजबूत करना चाहती है

राज्य में समग्र शिक्षा योजना के प्रगति की समीक्षा और स्कूल शिक्षा प्रणाली में समान और प्रभावी प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की गई इस बैठक में शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर और विभाग के अधिकारी उपस्थित थे बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विभाग की योजनाओं को समय पर लागू करने पर जोर दिया उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने ग्रामीण ब्रुनियादी विकास फंड पर राज्यस्तरी योजना कार्यशाला का कल ईटानगर में उद्घटन किया नाबार्ड द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में कृषि मंत्री तागे ताकी और संबंद्ध विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे उपमुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों के आर्थिक विकास में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के महत्व को देखते हुए रुरल इंफ्रास्टक्चर डवलपमेंट फंड में से कृषि क्षेत्र को आवंटित करने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों और क्षेत्रीय प्रसार अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में जनजागरुकता और उन्नत कृषि बागवानी और पशुपालन तकनीकों के प्रसार में सहयोग करेगी

ईस्ट सियांग पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन सिंह ने बताया कि अभियुक्त की पहचान बिहार के महेंद्र यादव के रुप में हुई है रुकसिन में दो देसी पिस्तौल मरामद होने के बाद जांच में उसका नाम सामाने आया था पुलिस तब से उसकी तलाश में थी शुरुआती जांच में यादव ने स्वीकार किया है कि उसने बिहार के मुजफ्फरपुर से बीस बीस हजार रुपये में ये पिस्तौल खरीदी थी

नागरिक उड्डयन मंत्रायल ने बताया कि इस चरण में पूर्वोत्तर क्षेत्रों पाहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर लद्दाख और प्रायद्वीपों पर जोर दिया जाएगा

पिछले तीन वर्षों में सरकार ने इस योजना के तहत तीन दौर की बोलियां सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और लगभग सात सौ वायुमार्गों को स्वीकृति प्रदान की है

आज का अधिकतम तापमान उनतीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बारह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया